इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का अधिकारिक विस्तृत और वार्षिक सारांश प्रस्तृत किया गया है यह आम बजट के लिए नीतिगत मार्गदर्शन के रुप में काम करेगी आर्थिक समीक्षा में वित्तवर्ष दो हजार उन्निस बीस के लिए स्थिर बृहत आर्थिक स्थितियों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने की उम्मीद लगाई गई है आर्थिक समीक्षा मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण्मूर्ति सुब्रहमण्यम ने तैयार की है

विभाग ने लिखित पत्र में कहा कि हेलिपेड के निकट बन रहे ऊची भवने हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है

हेलीपेड के बाउंड्री वाल के सामने और आसपास के अस्थायी झोपड़ियों को हटाने और बाहरी बाउंड्री से सौ मीटर की दुरी पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने को भी पत्र में कहा गया है

यह प्रतियोगिता लड़कों और लड़कियों के लिए है लड़कियों की प्रतियोगिता अट्ठारह से तेईस जुलाई को और लड़को की पच्चीस से तीस जुलाई को आयोजित किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के युवा कल्याण अधिकारी एल सोकुन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि लीग सह नॉक आउट टूर्नामेंट चिम्पू के राजकीय माध्यमिक विद्यालय और देरा नातुंग गर्वमेंट कॉलेज के मैदान में खेला जाएगा उन्होंने बताया कि उद्घाटन मैच डी एन जी सी के खेल के मैदान में खेला जाएगा

इस अवसर पर स्थानीय विधायक ताना हाली चायांग ताजो के विधायक हायेंग मांग्फी स्थानीय लोग और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद थे अपने संबोंधन में गृहमंत्री ने पुलिस कर्मियों से क्षेत्र मे कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईमानदारी के साथ काम करने का आह्वान किया उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की

अपने संदेश में उन्होंने राज्य मे सुख शांति समृद्धि और भरपूर फसल की कामना की है इधर कृषि मंत्री तागे ताकी ने कल लोवर सुबनसिरी जिले के जिरों में ड्री उत्सव ग्राउंड में लगाए गए फुड स्टाल का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों को ड्री पर्व की शुभकामनाएँ दी

मोदी सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ो किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी धान की एम एस पी पैसठ रुपये प्रति क्विंटल और कपास की एम एस पी एक सौ पांच रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है यह फैसला लागत पर पचास प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए एन डी ए के संकल्प के अनुरुप है इस बढ़ोत्तरी से दो हजार बाईस तक कृषि आय को दोगुना करने के पीएम के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी केंद्रीय कैबिनेट ने जिन चौदह खरीब की फसलों की एम एस पी बढ़ाने की घोषणा की है उनमें अरहर दाल तिल उड़द दाल सूरजमुखी और सोयाबीन भी शामिल है सुत्रों के अनुसार सोयाबीन की कीमत में तीन सौ ग्यारह रुपये प्रति क्विंटल सुरजमुखी की कीमत में दो सौ बासठ रुपये क्विंटल तूर दाल की कीमत में एक सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल उड़द दाल में सौ रुपये प्रति क्विंटल और तिल की कीमत में दो सौ छत्तीस रुपये क्विंटल की बढ़ॊत्तरी की गई है